भारतीय जनता पार्टी की कल पंचकला से होने वाली वर्चअल रैली की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया के एक वर्ग में आए इन समाचारों का खण्डन किया है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम किया जा रहा है श्री गडकरी ने एक बयान में कहा है कि यह समाचार गलत और बे ब्नियाद है उन्होंने कहा कि वे हमेश किसानों की आय बढाने के पक्ष में रहे हैं और उन्होंने हर रीीके से किसानों के हितों की ्वकालत की है उन्होंने कहा कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई तो वे उस समय वहीं उपस्थित थे और उनके न्यनतम समर्थन मुल्य कम करने के पक्ष में खडे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता उन्होंने कहा कि किसानरों की आय बढाना केन्द्र सरकार की हमेशा से ही प्राथमिकता रही है और इसी भावना के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व शासन और कॉरपोरेट ढांचे से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय कार्यदल गठित किया है

यह कार्यदल निजी बैंकों के प्रारंभिक चरण में हिस्सेदारी के नियमों और हिस्सेदारी कम करने की समय सीमा का मुल्यांकन करेगा रिजर्व बैंक ने कहा कि गतिशील बैंकिंग क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पष्ट नियम जरूरी हैं जरूरी हैं क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था वित्तीय बाजार और तकनीकी विकास बैंकिंग के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कल पंचकलीा में होने वाली वर्चअल रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं इसके मददेनजर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कवरपाल ने आज जगाधरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की डयुटी लगाई

रैली को मुख्य वक्ता केन्द्र मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुख्य मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश प्रभारी सांसद अनिल जैन संबोधित करेंगे

हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवेदक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

उधर सिरसा मेँ आज छः लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं

गुरूग्राम में आज कंटेनमेंट जोन के संशोधित नियम जारी किए गए हैं

जिला कंटेनमेंट योजना के प्रोटोकॉल के तहत इन क्षेत्रों में आवाजाही भी नियंत्रित की गई है

परीक्षाओं की डेटशीट जल्द जारी की जायेगी

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलि ने यह कार्रवाई गांव सच्चा खेड़ा में गूप्त सुचना के आधार पर की पुलिस ने इस मामले में आरोपी वीरेंद्र को गिरफतार किया है जबकि ट्रक चालक और अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि नशे की यह खेप राजस्थान से तस्करी कर लाई जा रही थी पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर लिया है सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग की पूर्व प्रमुख सुरिंदर बौर का आज संक्षेप बीमारी के बाद निधन हो गया

वह विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की प्रमुख भी रहीं उन्होंने आकाशवाणी के समाचार प्रभाग और पत्र सूचना कार्यालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसानों और मजद्रों के लिये अटल किसान मजद्र कैंटीन शुरू की गई है जहां मात्र दस रुपये में खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है रसोई में काम करने वाली स्वयं सहायता समूह की एक महिला ने बताया कि यह कैंटीन सप्ताह भर खुलेगी और प्रतिदिन चावल दाल एक सब्जी के साथ चार रोटी दस रुपये में मिलेगी

पलवल में आज आशा वर्करों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक मांग पत्र सोंपा है

आशा वर्करों का काम तो बढ़ गया है लेकिन आशा वर्करों को मिलने वाली राशी में कटौती की गई है ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि आशा वर्कर घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रही है इसलिए इन्हें महीने में एक बार कोरोना टेस्ट अवश्य किया जाए